प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल झारखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद स्थापित करेंगे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होनेवाली इस बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर चर्चा हो सकती है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ प्रधानमंत्री का संवाद दोपहर बारह बजे प्रस्तावित है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढकर छियानबे दशमलव नौ आठ प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अबतक एक लाख चार हजार दो सौ उनतीस मरीज ठीक हो गए हैं

वहीं पांच मरीजों की मौत हई है कल संक्रमितों की संख्या बढकर एक लाख सात हजार चार सौ उनहत्तर हो गई है वहीं दो हजार दो सौ नवासी सक्रिय केस हैं इसके अलावा अब तक उनचालीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हुई है कल दस हजार चार सौ बानबे सैंपलों की जांच हुई इधर कोरोना से अब तक नौ सौ इक्यावन मरीजों की मौत भी हो चुकी है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्लीं स्थित लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के मेडिसन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगटे इस चर्चा में भाग लेंगे

आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहमंजिला फ्लैट का उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं

उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढ कर किया जाता है प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नये दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे इस अवसर पर वे विश्वविद्यालय के सौ साल के स्मारक सिक्के का अनावरण करने के साथ साथ विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यकनाथ भी उपस्थित रहेंगे

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है

उन्होंने कहा कि पूरा विश्व नये भारत को सम्मान और विश्वास की नजर से देख रहा है

यह हड़ताल कोयला बिजली इस्पात जैसे औद्योगिक संस्थानों सहित बैंक बीमा जैसे प्रतिष्ठानों में भी रहेगी भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है

स्टेट बैंक के अलावा सभी व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक बंद रहेंगे

इधर कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने हड़ताल में शामिल न होने के लिए एक अपील जारी की है

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी किसी भी रेलगाड़ी के संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है

न्यायाधीकरण के समक्ष विधायक बंधु तिर्की अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए जबकि बाबूलाल मरांडी ने अपने अधिवक्ता आरएन सहाय के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की श्री मरांडी के अधिवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका का हवाला देकर न्यायाधीकरण से छह हफ्ते का समय मांगा जिसे विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने अस्वीकार कर दिया उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए सत्रह दिसम्बर की तिथि मुकर्रर की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू जिले के हुसैनाबाद में मनरेगा के काम में कथित रूप से जेसीबी के इस्तेमाल पर संज्ञान लिया हैं उन्होंने जिले के उपायुक्त को मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है गौरतलब है कि टवीटर के जरिये इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया था बताया गया है कि हुसैनाबाद के डंडीला पंचायत में मनरेगा के काम में जेसीबी का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है भारतीय वायु सेना ने झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए दस दिसम्बर से उन्नीस दिसम्बर तक पटना स्थित एयरफोर्स स्टेशन बिहटा में भर्ती रैली का आयोजन किया है इस भर्ती रैली के लिए झारखंड के रहनेवाले योग्य युवा आवेदन कर सकते हैं इच्छुक आवेदक सताइस और अट्ठाइस नवंबर को डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एयरमैन सेलेक्शन सीडैक डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं

जिले के उपायुक्त के निर्देश पर आज पचंबा और मुफस्सिल थाना की पुलिस ने जिला खनन पदाधिकारी के साथ सिहोडीह में उसरी नदी में छापेमारी की इस दौरान बालू लदे नौ ट्रैक्टर जब्त किये गये छापेमारी का नेतृत्व कर रहे प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी सैय्यद रियाज अहमद ने बताया कि इस सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है उन्होंने बताया कि खनन विभाग ने नदी पर बने पुल के पास प्रतिबंधित इलाका घोषित कर रखा है बावजूद इसके उत्खनन किया जा रहा था बंगाल की खाड़ी के निचले हिस्से में बन रहे लो प्रेशर के कारण रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के निचले हिस्से में निम्न दबाव बना हुआ है इसके कारण यह बदलाव आया है और यह अगले तीन दिनों तक जारी रहेगा मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को बादल छाए रह सकते हैं संयुक्त बिहार में मंत्री रहे ओपी लाल का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया आज उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए ओपी लाल का निधन कल हो गया था वे पिछले कुछ दिनों से रांची स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाजरत थे संक्षिप्त खबर पाकुड़ जिले में वाहनों पर एलईडी लाईट लगानेवालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गयी है आज यातायात प्रभारी प्रीतम महतो के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में दर्जनो वाहनों से एलईडी लाईट हटायी गयी हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड के डेमोटांड़ स्थित बिरहोर टोला में सांसद जयंत सिन्हा ने आज आदिम जनजाति परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हर गरीब की चिंता है रामगढ़ जिले के विभिन्न पंचायतों में आज टीकाकरण अभियान चलाया गया अभियान के तहत शून्य से दो वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया गया एकीकृत बिहार में मंत्री रहे ओपी लाल के निधन पर आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया शोक सभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हुए